इस अवसर पर परंपरा के अनुरूप गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना केन्द्र में भव्य परेड और प्रतिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ परेड का निरीक्षण करेंगे परेड के बाद वायुसेना की योद्वा टीम अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करेगी इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमान रोमांचक हवाई करतब और कलाबाजियां पेष करेंगे पिछले आठ दशकों के दौरान भारतीय वायुसेना प्रौद्योगिकी रूप से विकसित हुई है और देश के समक्ष उपस्थित किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है

श्री राव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें सभी दल पर्यावरण बचाने के लिए भी अपना योगदान दें और इस बार चुनाव में ईको फ्रेन्डली प्रचार प्रसार करें

अन्य शिकायतों पर तीन दिन में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी उड़नदस्ता और वीडियो निगरानी टीम निरंतर भ्रमण कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगी कानून व्यवस्था की प्रति दिन समीक्षा की जायेगी

सभी मतदाताओं की फोटो युक्त मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी मतदान के पांच दिन पूर्व बीएलओ द्वारा वोटर स्लिप का घर घर वितरण किया जाएगा दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेललिंपि में पर्ची का वितरण होगा

सभी संवदेनशील मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी करायी जाएगी ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर पैरामिलेट्री फोर्स तैनात होगी उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने के साथ ही शपथ पत्र जमा करना होगा जिसमें उनके विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज हैं तो उसका पूर्ण रूप से उल्लेख करना होगा

संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सख्ती से किये जाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये है यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी

जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिलों में तत्काल प्रभाव से शासकीय योजनाओं और जनप्रतिनिधियों के विज्ञापन बोर्डों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है कल से ही सभी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर लिखे गए शासकीय योजनाओ के संदेशों को मिटाया जा रहा है विदिषा जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवी सिंह ने कल शाम कलेक्टर परिसर में बैठक कर चुनाव कार्यक्रमों और नियम निर्देशों की जानकारी दी

छतरपुर के पुलिस अधीक्षक विनोद खन्ना के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है

उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है श्री सिंह ने कल भोपाल में जारी बयान में आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने पद और प्रभाव का दुरूपयोग कर रहे हैं श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन सभी स्थानांतरण और ठेकों की जांच कर समीक्षा की जाएगी

श्री सिंह ने कल बताया कि प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा योजना के दायरे में कुछ बागवानी उपज को भी लाया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जल जमाव भूस्खलन और ओले से फसल की बरबादी पहले इस योजना के दायरे में नहीं थी लेकिन अब नये प्रावधानों के तहत इन्हें भी इसके दायरे में लाया जा रहा है विभिन्न पक्षों से परामर्श के बाद फसल बीमा योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया है और ये संशोधन इस महीने से लागू किये गये हैं इन संशोधनों के तहत फसल नुकसान के बीमा दावे मंजूर करने में देरी पर जुर्माने का भी प्रावधान है

माँ शारदा के दर्षन के लिए नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओ के आने की सम्भावना को देखते हुये मां शारदा मंदिर प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए हैं वहीं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्ध पीठ माँ बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां चल रही हैं पीताम्बरा सिद्ध पीठ माँ बगुलामुखी के इस पावन धाम पर यूँ तो साल भर माँ के भक्तों का मेला लगा रहता है लेकिन नवरात्रि के दिनों में लाखो श्रद्धालु माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए नलखेड़ा आते है

स्वामी स्वारूपानंद सरस्वती ने आज मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में मीडिया से रूबरू होकर वासुदेवानंद के विवादित मामले में उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है और वर्तमान में वे ही द्वारकापीठ के साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहेंगे शंकराचार्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केवल हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति ही हिन्दू नहीं है विश्व के किसी भी देश में रहने वाला सनातनी भी हिन्दू है

शतरंज में भी भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन किया

इस प्रतियोगिता में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है